इस मामले में दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में आज फिर सुनवाई होगी इससे पहले कल न्यायालय ने महाधिवक्ता तुषार मेहता से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हटाने और सरकार बनाने के लिए देवेन्द्र फडणवीस को आमंत्रित करने वाले राज्यपाल के पत्रों को अदालत में पेश करने को कहा है

पीठ ने देवेन्द्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन द्वारा दायर याचिका पर केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है शीर्ष न्यायालय ने देवेन्द्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी नोटिस जारी किया है इस बीच महाराष्ट्र में कल नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता शरद पवार के बीच वाकयुद्ध चलता रहा

वहीं अजित पवार ने ट्वीट किया कि वे एनसीपी के साथ हैं और शरद पवार उनके नेता बने रहेंगे अजीत पवार ने कहा कि भाजपा और एनसीपी की गठबंधन सरकार राज्य और इसके लोगों के लिए गंभीरता से काम करेगी उधर भाजपा नेता और मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने आगामी फ्लो टेस्ट की रणनीति तय करने के लिए अपने पार्टी के विधायकों से मुलाकात की राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कल नई दिल्ली में मुलाकात की राज्यपाल की प्रधानमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट थी श्री मिश्र ने इस अवसर पर राज्य की उच्च शिक्षा में किये जा रहे नवाचार कृषि में सुधार और जनजातीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण मुददों के बारे में विस्तार से चर्चा की

दल के जवान लगातार पक्षियों को तलाश करके उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं

आगे भी राहत कार्य जारी रहेगा जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में शहीद हुए बाडमेर के बाछडा गांव के पीराराम की पार्थिव देह आज दोपहर बाडमेर पहुंचेगी जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा

राजसमंद में गोमती चौराहे के पास कल शाम एक कार और ट्रक की टक्कर में दो महिलाओ सहित तीन लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया

प्रदेश में एसओजी ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा एमटीएस में नकल करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस और एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि एसओजी को मुखबिर से सूचना मिली कि इस परीक्षा में एक गिरोह असली छात्रों के स्थान पर फर्जी छात्रों को बैठाकर परीक्षा दिलवा रहा है